लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हुआ सभी दलों के बड़े नेताओं ने झोंकी ताकत अलवर जिले के थानागाजी दृष्कर्म मामले के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन दोषियों के खिलाफ कडी कार्यवाही की मांग

प्रदेश में अगले पांच दिनों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी

इस चरण में सात राज्यों की उनसठ सीटों के लिए मतदान हुआ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अजय माकन सहित कई राजनैतिक हस्तियों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया चुनाव के छठे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह डॉ हर्षवर्धन मेनका गांधी नरेन्द्र सिंह तोमर कृष्णपाल गूर्जर और राव इन्द्रजीत सिंह शामिल हैं पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाक्र कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह भूपिन्द्र सिंह हड्डा और मुक्केबाज विजेन्द्र सिंह तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य भी आज तय हो गया

राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के क्शीनगर में एक रैली को सम्बोधित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान उन्होंने सरकार की कार्य संस्कृति को बदल दिया है उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने देवरिया में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मजूबत सरकार ही आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव न सांसद बनने के लिए है और न ही मंत्री बल्कि ये देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी यह च्रनाव नोटबंदी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर लड़ रही है आज नई दिल्ली में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रचार अभियान प्रेम पर आधारित है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव अभियान के दौरान नफरत फैलाने का आरोप लगाया बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर जिले में प्रचार किया

इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी विधायक कालीचरण सराफ सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पूर्व मंत्री और विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि प्रदेश में नारी उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाए लगातार बढ़ती जा रही है कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रदेश में शांतिपूर्ण वातावरण की मांग को लेकर उनकी पार्टी ने यह प्रदर्शन किया है

गौरतलब है कि पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को पहली मई को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था

इससे पहले इलाके में आतंकियों के छिर्प होने की पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरु किया और इलाके को धेर लिया तथा गोलीबारी शुरु हो गई सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि मारे गये आतंकियों की पहचान की जा रही है

यह कार्यक्रम इसरो के चार केन्द्रों में कल से आवासीय ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रशिक्षण के तौर पर दिया जाएगा

नैफेड अब तक लगभग साढे चार लाख टन सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर चुका है नैफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा ने बताया कि सरसों की खरीद जून के अंत तक जारी रहेगी

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ ही पैनल अधिवक्ताओं को विधिक सेवा कार्यक्रमों तथा केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराना था राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोवर्धन बाडदार ने कई कानूनी विषयों पर पैनल के अधिवक्ताओं को जानकारी दी

हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही शहर में शोभायात्रा और पुष्पाजलि के कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं

विभाग के अनुसार अजमेर भीलवाडा भरतपुर अलवर सीकर सिरोही झुन्झुनूं उदयपुर जयपुर जैसलमेर बाडमेर जोधपुर बीकानेर नागौर और हनुमानगढ में चौबीस घंटों में करीब पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चल सकती है बांरा जिले में आज भी बादल छाए हुए है तथा कई जगह हल्की बारिश भी हुई धौलपुर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए है जिसर्से तापमान में गिरावट आई है लेकिन हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि जिले में आज मौसम साफ है तथा तेज धूप के कारण फिर गर्मी का असर बढ गया है

पाली जिले के राजकीय बांगड चिकित्सालय स्थित जिला प्रशिक्षण केन्द्र पर आध्रनिक नर्सिग की जननी फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म दिवस समारोहपूर्वक आयोजित किया गया इस मौके पर सीएमएचओ डॉ मिर्धा ने प्रशिक्षणार्थियों से समर्पण भाव के साथ सेवा करने का आग्रह किया डूंगरपुर में नर्सिग स्टाफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तथा रोगियों को फल बांटे गए वहीं नागौर के मूण्डवा स्थित वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में जिल कलेक्टर ने कहा कि पीड़ित मानव की सेवा हर कोई नहीं कर सकता बूंदी जिले में असहाय और दिव्यांग लोगों को भोजन कराकर नर्सेस दिवस मनाया गया टोंक जिले के चिकित्सा अधिकारियों और नर्सेस कर्मचारियों ने प्लोरेंस नाईटेंगल के आदर्शो पर चलने का संकल्प लिया

मैच अब से कुछ देर बाद साढे सात बजे शुरू होगा मुंबई पहले क्वालीफायर में चेन्नई को हराकर फाइनल में पहुंची थी चेन्नई ने दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है दोनों टीमें अब तक तीन तीन बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है